इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए थे उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अनुरोध किया है लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे

राज्य में कोविड की पॉजिटिविटी दर पांच दशमलव दो प्रतिशत है

केन्द्र निर्देश केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई र्स पालन होना चाहिए

राजधानी भोपाल में कल दिनभर धूप खिली रही लेकिन शाम को बादल घिर आये और मध्यम वर्षा हुई मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव हो रहा है कल प्रदेश के उज्जैन देवासशाजापुर रायसेनसीहोरविदिशा ग्वालियर और इंदौर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में कल आंधी बारिश के साथ ओले गिरे जिससे फसलों को नुकसान पहंचा मौसम केंद्र ने अभी इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना जताई है

बारिश फसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई बे मौसम वर्षा के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में क्षति के आकलन कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए बे मौसम हुई बारिश से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वे के बाद आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री ने सर्वे की रिपोर्ट पंचायत कार्यलय में चस्पा करने के निर्देश दिए हैं वहीं उन्होंने फसलों की हानि के साथ ही जनहानि और पशु हानि के प्रकरणों में भी सहायता देने का आदेश दिया

वन मंत्री डॉ क्वर विजय शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वनों के सुधार से कार्बन संचयन और जलागम क्षेत्रों का संरक्षण कर जलवाय परिवर्तन के प्रभावों को कम करने प्रशिक्षण कौशल विकास के जरिए स्थानीय समुदाय की आजीविका को सुदृढ़ करने में ग्रीन इण्डिया मिशन योजना को विश्व बैंक द्वारा सराहा गया है

इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की यह श्रृंखला तीन दो से जीत ली है

इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई

जिससे दिन एवं रात बराबर होंगे

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार